कांकेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया इस अवेसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं महिलाओं विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जायेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं बल्कि नये भारत के निर्माण का अभियान है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें श्री मोदी ने टवीट संदेश में कहा है कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी रेल दर्घटना सीमांचल एक्सप्रेस के ग्यारह डिब्बों के आज सुबह पटरी से उतर जाने से छह लोगों की मौत हो गई और छत्तीस अन्य लोग घायल हो गए

दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है सीमांचल एक्सप्रेस के यात्रियों को गन्तव्य स्थान पर भेजने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है इस बीच रेलवे ने द्र्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं रेल मंत्रालय ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम आश्रित को पांच पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है गंभीर रूप से घायल को एक लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को पचास हजार रुपये दिये जाएंगे घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी रेल मंत्रालय वहन करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है इधर जांजगीर चांपा जिले में आज मालगाड़ी के चार पहिए पटरी से उतर गए हादसा चांपा के यार्ड के पास हुआ इससे कुछ देर के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा यह मालगाड़ी कोरबा से चांपा की ओर आ रही थी शिक्षामंत्री घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के गोगांव में आगामी शिक्षा सत्र से कृषि संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएगी डॉक्टर टेकाम ने स्कूल का नामकरण स्वर्गीय मिनीमाता के नाम पर करने और स्कूल परिसर में मिनी स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री ने आज विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में की उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में कृषि को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है इस मौके पर डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने नरवा गरूवा घुरवा और बारी विषय पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया महिला कर्मचारी अवकाश राज्य सरकार ने महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति में बड़ी राहत दी है शासन ने आदेश जारी कर पूर्व के नियमों के अनुरूप ही अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिया है आदेश के मुताबिक चाइल्ड केयर लीव के तौर पर अवकाश के लिए आवेदन करते समय यदि अवकाश की सीमा एक सौ बीस दिनों से कम होगी तो उसे स्थानीय स्तर के अधिकारी ही स्वीकृत कर देंगे इससे अधिक दिनों के अवकाश की मांग पर आवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा गौरतलब है कि कृछ दिन पहले महिला कर्मचारियों के अवकाश संबंधी आवेदनों को चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो राज्य कार्यालय भेजा जा रहा था जिसे लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की थी समीक्षा बैठक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में कल रायपुर में हई छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में निगम द्वारा संचालित सोलह व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही नारायणपुर और जगदलपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित सेनेटरी नैपकीन पैड प्रशिक्षण सह उत्पादन कार्यक्रम को अन्य सभी केन्द्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया साथ ही उत्पादित सामग्री का विक्रय शासकीय निकायों में करने के निर्देश दिए गए डॉक्टर टेकाम ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाड्रफनगर प्रतापपुर और सीतापुर में लक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए नवीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के निर्देश दिए बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार लोकसभा में बीते एक फरवरी को पेश किए गए वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के अंतरिम बजट पर केंद्रित रहेगा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों छोटे और सीमान्त कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को किसानों और कामगार वर्गों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है बजट के मुख्य बिन्दुओं पर आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरके ब्रम्हे से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

दर्घटना कांकेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक कार अनियिंत्रत होकर पेड़ से जा टकराई इस हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार पांच लोग रायपुर की ओर जा रहे थे तभी इशानवन के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस हादसे में कार सवार पांचों लोग कार में ही फंस गए थे जिन्हें पुलिस ने कार को काटकर बाहर निकाला उधर कोरबा से पेंड्रा जा रही एक यात्री बस कटघोरा के जेजरा बाईपास के पास अनियंत्रित होकर पलट गई

घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है पत्रकार धरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और बदसलुकी के मामले में राजधानी रायपुर के पत्रकारों ने प्रेसक्लब के बैनर तले आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है पत्रकारों ने मांग की है कि मारपीट के मामले में दोषी लोगों को पार्टी बर्खास्त करे गौरतलब है कि कल रात राजधानी के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक रखी गई थी इस दौरान पार्टी के नेताओं के बीच हुए विवाद को मोबाइल पर कैद कर रहे एक पत्रकार के साथ कथित रूप से मारपीट और बदसलूकी की गई पत्रकार द्वारा घटना की रिपोर्ट रात को ही थाने में दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने भाजपा जिला अध्यक्ष समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया

यह शातिर हत्यारा अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए रायपुर आया हुआ था आज आरोपी को राजधानी के मोहबा बाजार रेलवे क्रासिंग के पास पुलिस ने आरोपी के ही परिजनों की सहायता से गिरफ्तार किया गौरतलब है कि आरोपी अरूण चंद्राकर ने साल दो हजार बारह में राजधानी के क्क्रबेड़ा में सात लोगों की हत्या कर दी थी इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन दुर्ग ले जाते समय वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था पल्स पोलियो टीकाकरण प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पोलियों बूथ बनाए गए थे जहां सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक पोलियो की खुराक दी गई वहीं कल और परसों घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी रेलवे मेगाब्लॉक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर मेन रेल लाइन पर दुर्ग गोंदिया कलमना रेलखंड तक पटरी के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है इस दौरान डाउन मिडिल और अप रेल लाइन पर आगामी पच्चीस फरवरी तक अलग अलग तिथियों में मेगाब्लॉक किया जाएगा इससे कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नई दिल्ली से दोपहर बाद रायपुर लौट आएंगे श्री बघेल कल रायपुर से उत्तर प्रदेश बिहार और नई दिल्ली के दो दिवसीय प्रवास पर रवाना हुए थे आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर स्थित तीम्मेड़ में इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया साथ ही श्री लखमा ने इंद्रावती नदी पर तेलांगाना सरकार द्वारा बनाए जा रहे बांध से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की जेसीस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली के विद्यार्थियों ने कल राजभवन का भ्रमण किया